पुलवामा आतंकी हमले के खिलाफ प्रदेश भर में प्रार्थना सभाओं और धरना प्रदर्शन का आयोजन शहीद पंकज त्रिपाठी के परिजनों से कल मिले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रदेश के सभी गांवों को सड़कों से जोड़ने के लिये सत्ताईस फरवरी से शुरू होगा अभियान पच्चीस हजार करोड़ रूपये की सड़क परियोजनाओं का होगा शुभारंभ देश की पहली सेमी हाईस्पीड ट्रेन वंदे भारत एक्सप्रेस का व्यवसायिक परिचालन कल से हुआ शुरू प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि एनडीए सरकार ने पिछले साढ़े चार वर्षों के कार्यकाल में समाज के सभी वर्गो के उत्थान के लिए विकास की अनेक पहल की हैं

इसी सोच के तहत आज दो बड़े रिक्षण संस्थानों का उद्घाटन और शिलान्यास किया गया है इसमें एक महिलाओं से जुड़ा है और दूसरा हमारे आदिवासी समाज से प्रधानमंत्री ने झारखंड के हजारीबाग जिले में कल स्वास्थ्य शिक्षा जलापूर्ति और साफ सफाई से संबंधित तीन हजार तीन सौ करोड़ रूपये से अधिक की परियोजनाओं का लोकार्पण किया उन्होंने रिमोट कंट्रोल के जरिये हजारीबाग दुमका और पलामू में तीन विकित्सा महाविद्यालयों के भवनों का उद्घाटन किया प्रधानमंत्री ने जमशेदपुर और इन तीनों जिलों में पांच पांच सौ बिस्तरों वाले चार अस्पतालों की आधारशिला भी रखी इससे पहले प्रधानमंत्री ने बिहार में तैतीस हजार करोड़ रूपये से अधिक की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया उन्होंने बेगूसराय जिले के बरौनी में रिमोट कंट्रोल के जरिये तेरह हजार करोड़ रूपये से अधिक की पटना मेट्रो रेल परियोजना का शिलान्यास किया प्रधानमंत्री ने पुलवामा आतंकवादी हमले में शहीद संजय कुमार सिन्हा और रतन ठाकुर को श्रद्वांजलि दी पटना के शहीद कांस्टेबल संजय कुमार सिन्हा और भागलपुर के शहीद रत्न कुमार ठाकुर को भी श्रद्धांजलि देता हूं

भारतीय जनता पार्टी ने कल प्रदेश के सभी ज़िला मुख्यालयों पर पुलवामा आतंकी हमले में शहीद सीआरपीएफ़ जवानों को श्रद्वांजलि अर्पित करने के लिये प्रार्थना सभाओं का आयोजन किया मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी कल शाम महाराजगंज पहुंचे जहां उन्होंने पुलवामा हमले में शहीद पंकज त्रिपाठी के परिजनों से मुलाकात की और उन्हें सांत्वना दी उन्होंने परिवार को सरकार की तरफ से हर संभव मदद का आश्वासन दिया पार्टी द्वारा हापुड़ में आयोजित श्रद्वांजलि सभा में विदेश राज्यमंत्री जनरल वीकेसिंह ने भाग लिया मेरठ में आयोजित श्रद्दांजलि और संकल्प सभा में स्थानीय सांसद राजेन्द्र अग्रवाल सहित पार्टी के वरिष्ठ नेताओं और कार्यकर्ताओं ने शहीद जवानों की आत्मा की शांति के लिये दो मिनट का मौन रखा गाजियाबाद में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर महेन्द्र नाथ पाण्डेय पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ धरने में शामिल हुये और आतंकवाद से मिलकर मुकाबला करने का संकल्प लिया उधर बलरामपुर में भाजपा कार्यकर्ताओं ने आतंकवाद के विरोध में संकल्प दिवस मनाया जौनप्र में आयोजित संकल्प सभा में राज्यमंत्री गिरीश चन्द्र यादव और भाजपा सांसद कृष्ण प्रताप सिंह ने शहीद सैनिकों को श्रद्वासुमन अर्पित करने के बाद कहा कि मोदी सरकार देश की सुरक्षा और स्वाभिमान से किसी भी तरह समझौता नहीं करेगी अमरोहा जिले के गजरौला और मऊ में भी भाजपा कार्यकर्ताओं ने शहीद जवानों को श्रद्वांजलि अर्पित की इसके अलावा विभिन्न संगठनों ने आतंकवाद का पुतला फूंका मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि राज्य सरकार तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिये निरंतर काम कर रही है श्री योगी कल लखनऊ स्थित राजकीय पॉलीटेक्निक में मेधायी छात्र छात्राओं का सम्मान लैपटॉप वितरण और पचहत्तर परियोजनाओं के लोकार्पण कार्यक्रम में बोल रहे थे श्री योगी ने कहा कि समाज की विभिन्न समस्याओं के समाधान में इनोवेटिव आइडियाज़ की बड़ी भूमिका है उन्होंने कहा कि राज्य सरकार आधनिक तकनीक को अपना कर पूरी पारदर्शिता के साथ लामार्थियों को शासन की योजनाओं का लाम दे रही है मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर प्राविधिक शिक्षा विभाग की नवीन वेबसाइट और स्टेट ट्रेनिंग एण्ड प्लेसमेंट सेल का श्मारम्भ भी किया इस मौके पर श्री योगी ने पॉलीटेक्निक प्रवेश के लिये सम्मपन्न राज्य स्तरीय संयुक्त प्रवेश परीक्षा दो हजार अट्ठारह में उच्च स्थान पाने वाले तीन सौ विद्यार्थियों को लैफ्टॉप प्रदान किये कार्यक्रम को सम्बोधित कर्रते हुये प्राविधिक शिक्षा मंत्री आशुतोष टंडन ने कहा कि वर्तमान सरकार में राज्य में विकास को नई गति मिली है और शिक्षा में बेहतरीन सुधार हुआ है उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने बस्ती जनपद के गौर में कल एक सौ अट्ठाईस करोड़ रूपये की लागत वाली सड़क परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया इस अवसर पर श्री मौर्य ने कहा कि प्रदेश में ग्रामीण सड़कों का जाल बिछाया जा रहा है आगामी सत्ताईस फरवरी को सभी गांवों को जोड़ने के लिये पच्चीस हज़ार करोड़ रूपये की सड़क परियोजनाओं की शुरूआत अपने अपने क्षेत्रों में सांसद और विघायक करेंगे उपमुख्यमंत्री ने कहा कि पिछली सरकारों में सड़कों का बजट अधिक होने के बावजूद उन्हें मानकों के अनुरूप नहीं बनाया जाता था जबकि वर्तमान सरकार कम लागत में अच्छी सड़के बनवा रही हैं कार्यक्रम से पूर्व श्री मोर्य ने शहीदों को नमन किया इस अवसर पर सांसद हरीश द्विवेदी ने भी लोगों को सम्बोधित किया मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल बस्ती जिले में निर्माणधीन मुंडेरवा चीनी मिल का निरीक्षण किया इस अवसर पर उन्होंने अधिकारियों को चीनी मिल का निर्माण कार्य जल्द पूरा करा कर इसका ट्रायल कराने का निर्देश दिया श्री योगी ने कहा इस चीनी मिल के शुरू हो जाने से इलाके के किसानों को फायदा मिलेगा और स्थानीय लोगों को रोजगार के अवसर मिलेंगे देश की पहली सेमी हाईस्पीड ट्रेन वंदे भारत एक्सप्रेस का व्यावसायिक परिचालन कल से शुरू हो गया है प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने पिछले शुक्रवार को नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से इसे झंडी दिखाकर रवाना किया था यह रेलगाड़ी दिल्ली और वाराणसी के बीच की दूरी सिर्फ आठ घंटे में तय करेगी इस दौरान यह कानपुर और प्रयागराज स्टेशनों पर भी रूकेगी सोमवार और वृहस्पतिवार को छोड़कर हफ़्ते के शेष समी दिन लोगों को इस ट्रेन की सेवाये और सुविधायें हासिल रहेंगी गति सुरक्षा और सुविधा इस नई ट्रेन की खास पहचान है ट्रेन में एक हजार एक सौ अट्ठाइस यात्री सफर कर सकते हैं मेक इन इंडिया की परिकल्पना को ध्यान में रखते हुये रेलगाड़ी के अधिकांश हिस्सों का डिजाइन और निर्माण देश में ही किया गया है केन्द्रीय अल्पसंख्यक कल्याण राज्यमंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कल लखनऊ में भारतीय जनता पार्टी के भारत के मन की बात प्रधानमंत्री मोदी के साथ कार्यक्रम के तहत प्रबृद्धजनों से मुलाकात की और उनसे आगामी लोकसभा चुनाव के मुददों पर चर्चा की

श्री नकवी ने कहा कि आम जनमानस के साथ सोधा संवाद स्थापित करते हुये पार्टी कार्यकर्ता उन्हें सरकार द्वारा किये गये कार्यो की जानकारी दें भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता हरीश चन्द्र श्रीवास्तव ने आकाशवाणी से बातचीत में बताया कि इस कार्यक्रम के तहत विभिन्न वरिष्ठ मंत्री और पार्टी के पदाधिकारी प्रबुद्दजनों से मुलाक़ात कर रहे हैं

उनके सुझाव लिये और प्रमुख नेतागण उसमें स्माति ईरानी उसमें उमा जी उसमें इस तरह के जो वरिष्ठ नेतागण हैं वह आ रहे हैं प्रदेश पुलिस के विशेष कार्य बल एसटीएफ़ ने अवैध शराब की तस्करी करने वाले एक अन्तर्राज्यीय गिरोह का पर्दाफाश करने में सफलता हासिल की है एसटीएफ ने हरदोई ज़िले के संडीला थानान्तर्गत लखनऊ हरदोई रोड पर गिरोह के चार लोगों को छह सौ पैसठ पेटी अवैध शराब सहित गिरफ़्तार किया है यह सभी हरियाणा और अरूणाचल प्रदेश से अवैध शराब लखनऊ के मलिहाबाद ला रहे थे बरामद की गई अवैध शराब की कीमत पच्चीस लाख रूपये बतायी जा रही है